आजमगढ़ से भोजपुरी गायक दिनेश लाल यादव जबकि रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह होंगे पार्टी के प्रत्याशी

उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू ने कहा है कि ऑनलाइन शिक्षा पढ़ाई का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है क्योंकि इसकी पहुंच इंटरनेट के जरिए देश के हर कोने में है

उन्होंने कहा कि इग्नू ने ऐसे अनेक पढ़ने वालो की राह आसान कर दी है जो उच्च शिक्षा के लिए नियमित तौर पर किसी संस्थान में नहीं जा सकते

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मेरठ बागपत और गाजियाबाद में चुनाव रैलियों को संबोधित किया मेरठ में आयोजित प्रबुद्धजनों की गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पांच वर्षो के दौरान देश के अन्दर किये गये सार्थक प्रयासों का परिणाम है कि आज भारत दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है

मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव में प्रबुद्धजनों की भूमिका महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि यह चुनाव तय करेगा कि देश को कहां ले जाना है यह प्रधानमंत्री पद के लिये चुनाव है और देश के सामने मादी का कोई विकल्प नहीं है सपा बसपा पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री न कहा कि यह स्वार्थ का गठबंधन है प्रबुद्धजनों की संगोष्ठी को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री ने मेरठ के बागपत संसदोय क्षेत्र के किनौनी गांव में भी एक रैली को संबोधित किया

मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयन्त चौधरी ने गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में कई स्थानों पर रोड शो और नुक्कड़ सभायें कर लोगों से वोट देने की अपील की श्री चौधरी ने भाजपा पर समाज को बांटने का आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ऐसे खतरनाक वादे किए हैं जिससे देश विभाजित होगा कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री अरूण जेटली ने राजद्रोह कानून को समाप्त करने के कांग्रेस के वादे की आलोचना करते हुए कहा कि इसका मतलब अलगाववादियों का बचाव करना है

देशद्रोह करना अब अपराध नहीं होगा जो पार्टी इस तरह का घोषणा करती है वो इस देश के एक भी वोट की हकदार नहीं है मैनीफेस्टो में लिखा है कि सीआरपीसी को बदला जाएगा कि जमानत अब से नियम बन जाएगा ये प्रावधान डाला गया है इस देश के माओवादियों की और जेहादियों की रक्षा करने के लिए कुछ समय के पश्चात उनको जमानत मिल जाए राजद्रोह पर भाजपा नेता अरूण जेटली की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि यह औपनिवेशिक काल का कानून है और अब प्रासंगिक नहीं रह गया है कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा राजद्रोह पर आदरणीय चिदम्बरम साहब ने बड़े स्पष्ट तौर से कहा कि ये एक अंग्रेज के समय का कानून है और उसके बाद देश में डिफेन्स ऑफ इंडिया कानून बनाया गया और उसके साथ साथ अन लॉ फुल एक्टीविटीज प्रिवेंशन कानून भी बनाया गया ये दोनों कानून उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान इनमें है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

भारतीय जनता पार्टी ने आज आजमगढ संसदीय सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ भोजप्री गायक और कलाकार दिनेश लाल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है भाजपा ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिये आज अपने पांच और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है जिसम प्रतिष्ठित मानी जाने वाली रायबरेली संसदीय सीट से दिनेश प्रताप सिंह को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा है

प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के लिये प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किये जा रहे हैं बरेली लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी भगवत सरन गंगवार कांग्रेस से प्रवीण सिंह ऐरन और आंवला से भाजपा प्रत्याशी धमेन्द्र कश्यप ने आज अपना नामांकन दाखिल किया भाजपा प्रत्याशी धर्मेन्द्र कश्यप वर्तमान में आंवला से सांसद है सभी प्रत्याशियों ने यहां विकास को अपना मुख्य चनावी मुददा बनाया है उधर कानपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने अपना नामांकन दाखिल किया श्री जायसवाल दो बार इस सीट से सांसद रह चुके हैं

तीसरे चरण के लिये नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि चार अप्रैल है वहीं चौथे चरण के लिये कल से नामंकन पत्र भरने की प्रक्रिया शूरू हो गई है जो नौ अप्रैल तक चलेगी प्रदेश में सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिये तैयारियां जोर शोर से चल रही है सभी जिलों में जिला प्रशासन द्वारा मतदाताओं को वोट डालन के महत्व की जानकारी देने के साथ साथ मतदान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं मतदाताओं को ईवीएम मशीन के इस्तेमाल और वीवीपैट के बारे में जानकारी दी जा रही है चुनाव आयोग ने मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं खासकर दिव्यांगजनों के लिये विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं सुव्यवस्थित तरीके से मतदान सम्पन्न कराने के लिये मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है साथ ही मतदेय स्थलों को बेहतर एवं सभी सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े

लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस जिले में विशेष सतर्कता बरत रही है

दो तीन दिन पहले ह मने एक करोड़ दो लाख की नकदी एक फर्जी कैश वैन जा रही थी और चार लोगों को हिरासत में लिया गया था इस प्रकार से जो आगामी लोकसभा चुनाव तैयारियां है वो बडे ही जोर शोर से चल रही है हमारे जिले के जो पोलिंग सेन्टर है उनमें क्रिटिकल पोलिंग सेन्टर को हमने छाटा है और जहां भी आवश्यक समझा गया है भूतकाल के रिकार्ड को देखते हुए वहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में प्रचार सामग्रियों को हटाने के लिये चलाये जा रह अभियान के तहत अब तक कूल बत्तीस लाख नवासी हजार आठ सौ छाछठ वॉल राइअिंग पोस्टर्स बैनर्स आदि सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से हटा दिये गये है

वहीं कानून व्यवस्था के तहत अब तक सात लाख सत्तर हजार दो सौ सैंतालीस लाइसेंसी शस्त्र जमा कराय गये है तथा छह सौ इकहत्तर लोगों के लाइसेंस निरस्त किये गये है